एसओपी में सलाह दी गई है कि इन जगहों पर प्रवेश द्वार पर सैनेटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रिनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए वहीं परिसर में कोवल उन्हीं व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई देंगे सभी जगहों पर थ्रकना सख्त वर्जित होगा रेस्टरोंरेंट में बैठकर खाना खाने की बजाय खाना ले कर जाने की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा खाना पहुंचाने वाले व्यक्ति ग्राहक के दरवाजे पर खाने के पैकेट छोड़ देंगे

यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत तीसरी किस्त है

यह राशि लाभार्थियों की खाता संख्या के अंतिम अंक पर आधारित समय सारणी के अनुसार भेजी जाएगी

प्रदेशमर में आज से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को पोस मशीन से बायोमैट्रिक सत्यापन के बाद राशन का वितरण किया जा रहा है श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत तीन लाख बीस हजार से अधिक परिवार लाभान्वित हो रहे है सभी डिपो संचालकों को लाभार्थी का अंगूठा लगाने के बाद फिंगर प्रिन्ट डिवाइस और पोस मशीन को सैनेटाइज करने के निर्देश दिए गए है इस बीच राशन वितरण के समय मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा साथ ही सोशल डिस्टेन्सिंग की पालना करनी होगी प्रदेश मे कोरोना संक्रमित आधे से ज्यादा मरीज ईलाज के बाद स्वस्थ हो चुके है

इसके अलावा अन्य राज्यों के दो व्यक्तियों में भी इस वायरस की पुष्टि हुई है